संसद का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू

आयकर विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी पुत्री हेमा यादव की करोड़ों रूपये मूल्य की तीन बेनामी भू खण्डों को जब्त करने का आदेश दिया है विभाग ने बेनामी सम्पत्ति एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है जिन सम्पत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है उसमें पटना के धनौत स्थित पौने आठ डिसमिल के दो प्लॉट और सगुना मोड़ के पास ढ़ाई डिसमिल का एक प्लॉट शामिल है ये तीनों ही भू खण्ड दूसरे लोगों के नाम से थे जिन्होंने इसे राबड़ी देवी और हेमा यादव को उपहार के रूप में दिया था जांच के क्रम में पाया गया कि धनौत की जमीन ललन चौधरी और सग्ना मोड़ की जमीन हृदयानंद चौधरी के नाम पर थी वे दोनों लालू प्रसाद के गोशाला में काम करते थे और वर्तमान में दोनों के रहने के लिए पटना में अपना घर तक नहीं है विभाग ने इस संबंध में राबड़ी देवी और हेमा यादव से कई बार सवाल जवाब किया था लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला था संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र का आरंभ दिन के ग्यारह बजे सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के संबोधन से होगा कल वित्त मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे यह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान एनडीए सरकार का अंतिम बजट होगा सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक और तीन तलाक विधेयक को पारित करवाने का भी प्रयास करेगी वहीं विपक्ष के रूख को देखते हुये सत्र के काफी हंगामेदार रहने की सम्भावना है बजट सत्र अगले महीने की तेरह तारीख तक चलेगा केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित नवादा जमुई रोहतास और कैमूर जिले में चौरासी सड़कों के निर्माण के लिए एक हजार पांच सौ सैंतीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है इन सड़कों की लम्बाई आठ सौ बावन किलोमीटर होगी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने यह जानकारी देते हुये बताया कि अधिकारियों को सड़कों के चयन का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा केन्द्र ने इस साल पहली जनवरी से पीएचडी छात्रों और अन्य शोधकर्ताओं के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ा दी है इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग गणित कृषि विज्ञान जीव विज्ञान और फार्मेसी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित छात्र और शोधकर्ता शामिल हैं फेलोशिप में बढ़ोतरी से साठ हजार से अधिक शोधकर्ताओं को सीधा लाभ होगा पीएचडी कार्यक्रम के पहले दो वर्षो में कनिष्ठ शोधकर्ताओं की फेलोशिप मौजूदा पच्चीस हजार रुपये से बढ़ाकर इकतीस हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है पीएचडी की शेष अवधि में वरिष्ठ शोधकर्ताओं को अब अठाईस हजार रुपये की जगह पैंतीस हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे इसके अलावा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में अनुसंधान सहयोगी के रूप में काम कर रहे वैज्ञानिकों के मानदेय में भी तीस से पैंतीस प्रतिशत की वृद्धि की गई है शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है निगरानी जांच ब्यूरो की जांच के दौरान इस बात का पता चला है कि एक ही रिजल्ट पर पांच पांच लोगों की बहाली की गयी इन शिक्षकों के नाम रौल नम्बर रौल कोड और प्राप्तांक एक समान हैं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगरानी की टीम को अब तक एक हजार से अधिक ऐसे मामले मिले हैं वर्ष दो हजार ग्यारह बारह के टीईटी रिजल्ट से छेड़छाड़ के आरोप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पूर्व में पटना के कोतवाली थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गयी थी इस मामले में कई बोर्ड कर्मियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है बिहार डाक परिमंडल को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तहत खाता खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अब तक बिहार परिमंडल में पांच लाख खाते खोले गये हैं जिनमें पांच करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है वहीं खाता खोलने के मामले में सारण जिले को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है

हिमालय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवा के कारण प्रदेशभर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है औसत तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है पछुआ हवा की रफ्तार भी बारह किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गयी है जिसके चलते कनकनी का असर बढ़ गया है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में भी दिखेगा अगले दो दिनों के भीतर एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की सम्भावना बनी हुई है जिसके प्रभाव से आसमान में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में किया जायेगा उनका मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे राज्य सरकार जैविक विधि से सब्जियों की खेती के लिए इस वर्ष पचास हजार किसानों को अग्रिम इनपुट अनुदान देगी साथ ही अनुदान की राशि भी छह हजार रूपये से बढ़ा कर आठ हजार रूपये कर दी गयी है इस बार पटना नालंदा वैशाली और समस्तीपुर जिले के साथ साथ लखीसराय बेगूसराय खगड़िया मुंगेर और भागलपुर जिले के किसानों को भी योजना का लाभ होगा प्रदेश में आज से मछलियों की बिक्री शुरू हो गई है राज्य सरकार द्वारा बाहर से लायी जाने वाली मछलियों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध हटाने के फैसले के बाद मछुआरा संघ ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हजार सात में ट्रेनिंग की पूरक परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों को पहली अक्टूबर दो हजार तीन से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन देने का आदेश दिया है वहीं एक अन्य फैसले में न्यायालय ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिथि अनुदेशकों को हटाने के सरकारी फैसले को पूरी तरह अवैध बताया है न्यायाधीश आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने कहा कि अतिथि अनुदेशक नियमित अनुदेशकों की नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रहेंगे सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है परीक्षार्थियों को संबंधित स्कूल के द्वारा प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जायेगा परीक्षा पन्द्रह फरवरी से शुरू हो रही है शिक्षा विभाग ने अंजुमन तरक्की ए उर्दू बिहार के सचिव अब्दुल कय्यूम अंसारी को बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है सीतामढ़ी जिले के महिन्दवारा चौकी क्षेत्र के ओलीपुर ताहिरपुर गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने चौहत्तर ड्रम शराब निर्माण सामग्री ईएनएफ बरामद की है मौके से एक ट्रक एक मिनी ट्रक और एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बरामद अवैध सामग्री लगभग तीस लाख रूपये की है वहीं अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के बलुआ चौक से पुलिस ने दो तस्करों को भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मोहम्मद शोहैल ने मुसहरी सदर की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तृप्ति सिन्हा को आंगनबाड़ी सेविकाओं से अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया है मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनौधा पुल के पास से पुलिस ने दो हथियार तस्कारों को गिरफ्तार किया है मौके से सात पिस्तौल और चौदह मैगजीन बरामद की गई है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंगरू चौक के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारी से दो लाख रूपये लूट लिये वहीं सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी बाजार स्थित एक बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र में फायरिंग कर अपराधियों ने डेढ़ लाख रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है शंकराचार्य की परम धर्म संसद ने कहा इक्कीस फरवरी को अयोध्या में भूमि प्रजन के साथ साथ मंदिर की आधारशिला रखी जायेगी दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है पूर्ण बहुमत ही ठीक त्रिशंकु संसद महामारी दैनिक भास्कर लिखता है आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन मामले में चंदा कोचर बर्खास्त प्रभात खबर ने लिखा है चुनाव आयोग ने प्रदेश के मालखानों में पड़ी चौदह लाख लीटर जब्त शराब को नष्ट करने का आदेश दिया राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बजट सत्र आज से कल पेश होगा अंतरिम बजट किसान और मध्यम वर्ग पर मेहरबान हो सकती है सरकार आज लिखता है जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार आज

संसद का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू